प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और स्थिरता को मजबूत बनाना है श्री मोदी ने कहा कि मजबूत भारत विशेषकर अनिश्चितताओं और चिंताओं से भरे विश्व में शांति और स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन्होंने कल अपने सरकारी आवास पर परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के चालक दल का स्वागत करते हुए कहा कि एक अरब से अधिक भारतीय मजबूत और नए भारत की आकांक्षा करते हैं ताकि उनकी आशाएं और अपेक्षाएं पूरी हो सकें श्री मोदी ने कहा कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को विश्व शांति और स्थिरता को बढ़ाने के देश के प्रयासों के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि शांति भारत की ताकत है न कि कमजोरी

वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के पहले निगरानी अभियान की सफलता के लिए भारत के रक्षा प्रौद्योगिकीविदों और नौसेना को बधाई दी है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत की यह उपलब्धि उसकी सुरक्षा तैयारियों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है

इस महत्वपूर्ण बैठक में संभागीय आयुक्त अतिरक्त आयुक्त आबकारी और पुलिस महकमे के विभाग के संबंधित संभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेगें इस दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम भी उपस्थित रहेंगे

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि यह दल विभिन्न जिलों में जाकर मतदाताओं के लिए मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं और तैयारियों का जायजा लेगा इससे पहले कल निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की

भारतीय जनता पार्टी के सभी बडे नेताओं ने कल जयपुर में उम्मीदवारों को लेकर फिर मंथन किया इस दौरान बगरू से आये भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक स्थल के बाहर वर्तमान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की उधर कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि प्रत्याषियों को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है और आम सहमति बनती जा रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर जो निर्णय होंगे वो सबकी सहमति से होंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि समिति प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को रजिस्ट्र में दर्ज करेगी और उनका निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगी

उन्होंने राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय अधीनस्थ प्रकोष्ठ के अग्रेषित किये बिना प्रमाण पत्र किस आधार पर तैयार किये गये

आदेश के अनुसार पुर्नमतदान कि स्थिति में पुर्नमतदान के दिन भी इन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है

आज के दिन महिलाएं सोलह श्रंगार कर अपना रूप निखारेंगी वहीं इस पर्व को प्रदेश के कई स्थानों पर नरक चत्दर्शी के रूप में भी मनाया जाता है इससे पहले कल धनतेरस पर बाजारों में रौनक रही लोगों ने सोना चांदी बर्तनों और वाहनों की जमकर खरीददारी की

देश के उत्तरी पर्वतीय इलाकों में हिमपात के बाद पूरे प्रदेश में सर्दी का अहसास होने लगा है थार मरुस्थल में उत्तरी दिशा से चल रही ठण्डी हवा के झौंकों ने लोगों को इस सीजन में पहली बार सर्दी का अहसास कराया ग्रामीण और ख्ले इलाकों में ठण्ड का अहसास ज्यादा देखा जा रहा है दिन का तापमान लुढ़क गया है जिससे कई जगह पंखें बंद करने की स्थिति आ गई है

जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर सहित समूचे थार में रात का तापमान पांच से सात डिग्री तक गिरने से सर्दी की शुरुआत हो गई है